सत्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को राज्य भर में शुन्य से पांच वर्ष के साठ लाख से अधिक से बच्चों को दी जायेगी पोलियो की खुराक आज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है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

मध्य एशिया के किसी देश के साथ यह भारत की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक है इसमें दोनों नेताओं के बीच कोविड महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलओं पर चर्चा हो रही है बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुददों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है बैठक की शुरूआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दो समृद्ध सभ्यताएं हैं जिनके बीच प्राचीन समय से सम्पर्क बना हुआ है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चुनौतियों और संभावनाओं की समझ के बारे में दोनों देशों की सोच में काफी समानता है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ संबंध हैं उन्होंने कहा कि उग्रवाद कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं समान हैं दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खडे हैं क्षेत्रीय सुरक्षा से जुडे मुददों पर भी दोनों देशों की नीतियों में काफी समानता हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को स्वस्थ रहने की जो प्रेरणा दी उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है एक ट्वीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की इस पहल की सराहना करता है इस कार्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया था उन्हें इसके लिए बॉलीबूड की हस्तियों खिलाडियों लेखकों डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों से भरपूर समर्थन मिला इन सभी लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन तीस मिनट व्यायाम करने के मूल मंत्र को अपनाने का अनुरोध किया झारखंड एकडेमिक कॉउंसिल जैक की वर्ष दो हजार इक्कीस की मैट्टिक और इंटर की परीक्षा का वेटेज ऑफ मार्क्स तय कर लिया गया है मैट्रिक में जहां विज्ञान को छोड़कर हर विषय में तीस प्रतिशत प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे वहीं इंटर में बीस प्रतिशत सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे और दस प्रतिशत का प्रैक्टिकल होगा मैट्रिक में इस बार दस फीसदी अंक ही इंटरनल एस्सेमेंट के रूप में दिए जाएंगे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव जैक को भेज दिया है

इनमें चितरपुर प्रखंड के पांच कपोषित बच्चों को छतर मांडू स्थित सदर अस्पताल और मांडू प्रखंड के चार क्पोषित बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एमटीसी वार्ड में इलाज हेतु भर्ती कराया गया

पश्चिमी सिंहभूम में खनन करने वाली कंपनियों पर लगे करोड़ों रुपये की जुर्माने को सांठगांठ कर कम करने का विधायक सरयू राय ने खनन विभाग पर आरोप लगाया है सरयू राय ने वर्तमान खान सचिव की कार्यशैली को भी असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि वर्तमान में चाईबासा की किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बंद खदानों में पड़े लौह अयस्क को बेचने की अनुमति दी है उन्होंने कहा कि खनन विभाग में पिछले कई वर्षों से सरकारी राजस्व वसूली के मामले में घालमेल होता रहा है और सरकार को चाहिए कि खनन विभाग के सभी दस्तावेजों को जब्त कर उच्च स्तरीय जांच कराए

डॉक्टर मरीजों को नहीं देखेंगे और सभी तरह की जांच भी बंद रहेगी झारखंड आइएमए झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन और निजी अस्पतालों के एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन किया है

इस वर्ष यह समारोह वर्चअल रूप से आयोजित किया गया है और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भाग लेंगे

यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और आकाशवाणी के एआईआर के यू टयूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा

पहले दिन पोलियो खुराक निर्धारित बूथों पर पिलाई जाएगी उस दिन छूट गए बच्चों को अठारह और उन्नीस जनवरी को घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्ता पोलियो दवा पिलाएंगें इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य विभाग के अड़तालीस हजार कर्मी जुड़ेगें स्वास्थ्य विभाग के प्रधानसचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने स्टेट टास्कफोर्स की वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी

आकाशवाणी ने लोगों तक पहंचने के लिए इस वर्ष मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू किया इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाता है फोन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड महामारी से जुड़े देशभर के श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हैं इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जीबीपंत अस्पताल आरएमएल अस्पताल सफदरजंग अस्पताल मैक्स अस्पताल गंगाराम अस्पताल बंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस और कई अन्य केन्द्रों के जाने माने डॉक्टरों ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिये हैं

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के लक्षणों के बारे में बताया राष्ट्रीय कार्य बल के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए दीये जलाने के महत्व का उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि भारत में मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जोकि वैश्विक स्तर पर दो दशमलव दो नौ प्रतिशत से काफी कम है डॉ हर्षवर्धन ने कल कोविड के खिलाफ दक्षिण एशिया के टीकाकरण विषय पर आयोजित अंतर मंत्रालय बैठक में ये बातें कहीं बैठक का आयोजन विश्व बैंक ने किया था स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के विश्वस्तर के शोध संस्थानों ने अगुवाई की है

इस साल के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य विषय है पर्वतीय जैव विविधता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत अनोखी जैव विविधता वाले हिमालय और इसी तरह की कई अन्य पर्वत मालाओं का देश है एक वीडियो संदेश में श्री जावडेकर ने कहा है कि देश की सतत विकास की नीति तय करने में पर्वतों की पारिस्थितिकी प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है

पर्वत विश्व की जनसंख्या के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जरूरत का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं

इससे वित्तीय बाजारों में परिचालन सुगम होगा और अन्य देशों में भी भुगतान करने में सुविधा होगी